इधर प्रदेश में मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं सभी ज़िलों में मतदान के बाद ईवीएम मशीनें सील करके कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग कक्षों में सुरक्षित रखी गई हैं कांगड़ा जिला के बड़ा भंगाल मतदान केंद्र की ईवीएम व वीवीपैट को आज सुबह हेलीकॉप्टर के माध्यम से पालमपुर पहुंचाया गया

मतगणना प्रक्रिया की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं और ईवीएम की सुरक्षा में केन्द्रीय सुरक्षा बल राज्य आर्म्ड फोर्स और पूलिस के जवान तैनात किए गए हैं

आकाशवाणी नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा मतगणना के प्रमाणिक और ताजा परिणाम देने के व्यापक प्रबंध किए गए हैं

राजीव गांधी की पुण्यतिथि आतंक रोधी दिवस के रूप में भी मनाई जाती है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी की सुर्खी है चुनाव आयोग ने तीन पीठासीन अधिकारियों सहित नौ पोलिंग ऑफिसर किये निलंबित

दिव्य हिमाचल की एक खबर है भाजपा को अखर रही अपने प्रत्याशियों के घर में कम वोटिंग कांग्रेस प्रत्याशियों के गृह क्षेत्रों में बंपर वोटिंग बनी चिंता का विषय आचार संहिता हटते ही होगा प्रशासनिक फेरबदल शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है चुनाव ड्यूटी से लौटने के बाद कई अधिकारी होंगे भारमुक्त इसी खबर पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है राज्य मंत्रिमण्डल में फेरबदल पर दिल्ली में होगी चर्चा सीएम रवाना दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक सीएम जयराम दिल्ली में पीएम व शाह से करेंगे मुलाकात जबकि दैनिक जागरण लिखता है दिल्ली गए जयराम मंत्रिमण्डल विस्तार पर हो सकती है चर्चा

छात्रवृत्ति घोटाले में बैंक कर्मियों गवाहों से पूछताछ सीबीआई ने शिमला शाखा में ब्रलाए आधा दर्जन अधिकारी और कर्मचारी अमर उजाला की खबर है

रोहतांग दर्रे में एचआरटीसी बस का ट्रायल सफल दैनिक जागरण की खबर है